इसके बाद गौरव यात्रा बीकानेर संभाग में प्रवेश करेगी इधर प्रदेश कांग्रेस आज से चित्तौडगढ के सांवलिया जी से संकल्प रैली की शुरूआत कर रही है

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि रैली में प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे

उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने के लिए पहले कानूनी ढांचा तैयार होना जरूरी है इसके अलावा उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट मशीनों के शत प्रतिशत उपयोग के लिए तैयार है श्री रावत ने बताया कि साढ़े सत्रह लाख वीवीपैट मशीनों की खरीद का ऑर्डर दे दिया गया है और अब तक दस लाख मशीनें मिल चुकी हैं

जयपुर मे होने वाले इस कार्यक्रम में भारत निर्वोचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त महानिदेशक और निदेशक स्तर के अधिकारी प्रदेश के अधिकारियों को चुनाव संबंधी तैयारियों के बारे में जानकारी देंगे

कुलपति ने कल अकादमिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय पूरे देश में सरकारी क्षेत्र में कौशल शिक्षा के लिए पहला विश्वविद्यालय है डॉ पंवार ने बैठक में बताया कि यह विश्वविद्यालय बाडमेर जिले के पचपदरा कस्बे के पास स्थापित हो रही पेट्रोलियम रिफाइनरी के नजदीक ऊर्जाग्राम स्थापित करेगा

इसके लिए सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी है

सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार राजन विशाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिये भर्ती और वेतन निर्धारण की प्रक्रिया तथा नियम निर्धारित कर दिये गये हैं रजिस्ट्रार ने बताया कि इन पदों पर चयन के लिये सहकारी मर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित की जायेगी

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि और किसानों के आवेदन के आधार पर ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया जारी है

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

कंटेनर का चालक और खलासी मौके से फरार हो गये